इस दौरान केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का ख्याल रखा जाएगा

उल्लेखनीय है की कोविड महामारी के कारण प्रदेश में मार्च के दूसरे सप्ताह में स्कूल बंद हुए थे

परिवहन मंत्री बिक्रम ठाक्र ने बताया कि ये बसे पालमपुर शिमला पालमपुर भरमौर नयाग्राम होली चम्बा फटाहार बद्दी जोगिन्दरनगर बद्दी चम्बा जहालमा रिकांगपिओ झाकड़ी हमीरपुर रामपुर चिंतपूर्णी शिमला जसूर और केलंग शिमला व रिकांगपिओ शिमला हमीरपुर रूटों पर चलाई जाएंगी बिक्रम ठाकुर ने बताया कि ये बसें निर्धारित समय सारिणी के मुताबिक चलाई जाएंगी और इन सभी बसों की बुकिंग ऑनलाईन माध्यम से भी उपलब्ध हैं शिंकुला सुरंग मनाली लेह मार्ग के सामरिक महत्व को देखते हुए केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय उच्च मार्ग व अधोसंरचना विकास प्राधिकरण ने शिंकुला सुरंग की रूपरेखा तैयार कर दी है प्राधिकरण के निदेशक संजीव मलिक ने कल शिंक्ला सुरंग के नार्थ पोर्टल का दौरा कर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य का जायजा लिया

इस सुरंग के बन जाने से लेह के लिए सालभर सड़क सुविधा उपलब्ध होगी

इन स्वास्थ्य संस्थानों को बेहतर साफ सफाई व संक्रमण रोकने के लिए किए गए प्रभावी प्रयासों के चलते नकद पुरस्कार से नवाजा गया है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक ने लिखा है अध्यापक आएंगे स्कूल छात्र नहीं

वहीं हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन का हवाई सर्वे शुरू पहले चरण में बिलासपुर से मनाली तक होगा सर्वेक्षण